इसके अलावा वे वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए रामपुर क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यो के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री का शिमला के उपनगर टुटू में राज्य लोड डिस्पैच सैंटर का दौरा करने का भी कार्यक्रम है कैबिनेट इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में कल शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए

ये महिला नेरचौक स्थित मेडिकल कॉलेज में भर्ती थी और मधुमेह व किडनी के रोग से ग्रसित थी इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या दस हो गई है

इससे निचले मैदानी इलाकों में लोगों को उमस भरी गर्मी से मामूली राहत मिली है मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई भागों में गरज के साथ वर्षा की संभावना जताई है विभाग ने मध्यम पर्वतीय व निचले मैदानी क्षेत्रों में भारी वर्षा व बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है इस बीच शिमला जिला उपायुक्त अमित कश्यप ने कहा है कि भू स्खलन के दृष्टिगत भट्टाकृफर फल मण्डी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है

अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने मंत्रिमंडल के फैसले से जुड़ी खबर और प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है

पंजाब केसरी का शीर्षक है सस्ते राशन व विद्यत दरों में सब्सिडी कटौती के बाद महंगा हआ बस सफर

आपका फैसला का कहना है हिमाचल में बस सफर महंगा न्यूनतम बस किराया अब सात रूपए होगा

आपका फैसला के अनुसार हिमाचल में बरपा कोरोना का कहर आंकड़ा सौ के पार सोलन में सर्वाधिक मामले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

नमस्कार